राज्य में अधिक पर्यटन स्थल विकसित करेगी सरकार मंडी शहर में शिवधाम होगा विकसित

मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने आज शिमला में राज्य लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में बताया कि जल निकास सुविधा सड़क को मंजूरी देने का मुख्य बिंदु होना चाहिए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सड़क सुविधा देने में वरदान सिद्ध हुई है जयराम ठाकुर ने कहा कि सड़क निर्माण में किसी भी प्रकार की कोताही को गंभीरता से लिया जाएगा और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में सभी नई सड़कों को मंजूरी निष्पक्ष एजेंसी द्वारा सुरक्षा ऑडिट के बाद ही दी जाएगी

रज्ज् मार्ग इस बीच मुख्यमंत्री ने कहा है कि सड़कों पर दबाब कम करने के लिए राज्य सरकार रज्जू मार्गों के निर्माण की संभावनाएं तलाश रही है शिमला में आज रज्जू मार्ग संबंधित एक बैठक में उन्होंने कहा कि भारत सरकार के उपक्रम वैपकोस लिमिटेड ने पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण शिमला मनाली व धर्मशाला शहरों के लिए प्रारंभिक योजना तैयार की है जिसकी डीपीआर जल्द बनाई जाएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि रज्जू मार्ग एक सशक्त व पर्यावरण मित्र परिवहन प्रणाली है

उन्होंने कहा कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राज्य में और अधिक पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी विषय पढ़ाने का निर्णय लिया है ताकि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी अंग्रेजी भाषा में दक्ष हो सके शिमला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल पोर्टमोर में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इंग्लिश एक्सेस माइक्रो स्कॉलरशिप कार्यक्रम के तहत राज्य के छः सरकारी स्कूलों का चयन किया गया है जहां स्कूल लगने से पहले या छुट्टी के बाद विद्यार्थियों की कक्षाएं ली जाती हैं मारकंडा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रही है

विमोचन राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने लेखकों से सामाजिक क्रीतियों व क्प्रथाओं के उन्मूलन में सार्थक भूमिका निभाने का आहवान किया है उन्होंने आज शिमला में कंचन शर्मा द्वारा प्रदेश की लोक संस्कृति मान्यताओं व सामाजिक व्यवस्था पर लिखित पुस्तक हिमाचल प्रदेश एक सांस्कृतिक परिदृश्य का विमोचन किया राज्यपाल ने कहा कि लेखकों बुद्दिजीवियों और रचनाकारों को समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए आगे आना चाहिए उन्होंने कहा कि इससे विकास की नई सोच पैदा होगी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण सुदृढ़ होगा बिंदल सिरमौर जिले में औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण किया जाएगा इस पर दो करोड़ रुपए की लागत आएगी और तीन बीघा भूमि का चयन कर लिया गया है

उन्होंने कहा कि छात्रावास के निर्माण से उद्योगों में कार्य कर रही महिलाओं को ठहरने की सुविधा मिलेगी

हिमाचल का ऊना जिला भी इनमें से एक है इसके माध्यम से पांच स्तर पर काम किया जाएगा केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संयुक्त सचिव राजीव कुमार ने आज ऊना में एक बैठक में बताया कि पिछले दस वर्षो में भूजल स्तर दो मीटर नीचे गिर गया है जो गंभीर चिंता का विषय है उन्होंने बताया कि जल शक्ति अभियान के तहत पानी की बचत वर्षा जल संग्रहण परंपरागत जल स्त्रोतों का नवीनीकरण और पौध रोपण जैसे कार्य किए जाएंगे बैंक सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने आज सोलन जिले के धर्मपुर में जोगिन्द्रा केंद्रीय सहकारी बैंक की शाखा का शुभारंभ किया उन्होंने कहा कि कृषि व ग्रामीण विकास में सहकारी बैंकों का अहम योगदान रहा है और इनके माध्यम से किसानों को कृषि के लिए ऋण सुविधाएं प्रदान की जा रही है

मौसम विभाग ने अगले तीन चार दिन प्रदेश में वर्षा का क्रम जारी रहने की संभावना जताई है जबकि निचले व मध्यम क्षेत्रों के कई स्थानों पर आज व कल बहुत भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है उधर किन्नौर जिले में भारी वर्षा से यूला खड़ड के जलस्तर में वृद्धि हो गई है और हिन्दुस्तान तिब्बत राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर रागले पुल के ऊपर से पानी बह रहा है पंचायत प्रधान किरण नेगी ने सरकार से इस पुल को जल्द दुरुस्त कराने की मांग की है मॉक ड्रिल लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने खराब मौसम को देखते हए ट्रैकरों को एहतियात बरतने की सलाह दी है केलंग के एसडीएम अमर नेगी ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर ट्रैकिंग पर जाने वालों को इसकी सूचना प्रशासन को देनी होगी

अमर नेगी ने बताया कि मॉकड्रिल के लिए टीमों का गठन कर लिया गया है

नई दिल्ली में आज केंद्रीय जनजाति विकास मंत्री अर्जुन मुंडा से भेंट में उन्होंने कांगड़ा जिले के द्र्गम क्षेत्र छोटा व बड़ा भंगाल को जनजाति क्षेत्र घोषित करने का भी अनुरोध किया त्रिलोक कपूर ने भेड़पालकों को अच्छी किस्म के टैंट व लालटेन जैसी बुनियादी सुविधाएं देने की मांग भी की केंद्रीय मंत्री ने उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार का आश्वासन दिया चक्का जाम चम्बा पठानकोट वाया जोत मार्ग पर मंगला के पास आज स्थानीय लोगों ने बसों में न बिठाए जाने के विरोध में चक्का जाम किया लोगों का आरोप था कि ओवरलोडिंग का बहाना बना कर उन्हें राज्य परिवहन निगम की बसों में नहीं बिठाया जाता जिससे स्कूल व कॉलेजों के विद्यार्थियों सहित अन्य लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है पुलिस व परिवहन निगम के अधिकारियों ने मौके पर जाकर करीब दो घंटे बाद जाम खुलवाया लोगों ने सरकार से पर्याप्त बसें चलाने का आग्रह किया है